मंत्रिमंडल ने पॉलिटेक्निक कालेज के शिक्षकों और लाईब्रेरियन को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन की मंजूरी दे दी है जो एक जनवरी दो हजार सोलह से प्रभावी होगी इससे राज्य के छह राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज के सत्तावन संकाय सदस्यों को लाभ होगा मंत्रिमंडल ने संघ लोकसेवा आयोग की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पास होने वाले ए पी एस टी उम्मीदवारों को एक बार वित्तीय प्रोत्साहन राशि सिविल सर्विस के अलावा भारतीय वन सेवा संयुक्त रक्षा सेवा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी केंद्रीय पुलिस संगठन केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन स्टेटिस्टिक्स सर्विस की परीक्षा के लिए मिलेगी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यमंत्रिमंडल ने लोअर सुबनसिरी जिले में एक नए अंचल पारामपुतु को बनाने का निर्णय लिया है जिसका मुख्यालय लोथ में होगा मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा परीक्षा के पैटर्न को राज्य के विभिन्न विभागों को ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के लिए अरुणाचल प्रदेश लोकसेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में भी लागू करने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने कार्यरत विभागीय उम्मीदवारों को ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पहले से उन्हें अधिकतम आयु सीमा में मिल रहे तीन वर्ष की छूट के अलावा पांच वर्ष और देने का निर्णय लिया है राज्यमंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग कर ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में रोजगार सृजन और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रदेश में एक अलग रेशम पालन निदेशालय बनाने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासीवीं जयंती के तहत अपनी सजा का पचास प्रतिशत से अधिक समय जेल में काट चुके पांच कैदियों की सजा की अवधि को कम करने की मंजूरी दे दी है राज्यमंत्रिमंडल ने यूवाओ में बढ़ती नशे की लत सामूदायिक सौहार्द यातायात प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर चलाये जाने वाले हमारा अरुणाचल अभियान को चलाने की मंजूरी दे दी है

इससे भारत के सर्वाधिक पूर्वी छोर से सेना के ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज का संपर्क फिर स्थापित हो गया है सेना की विज्ञप्ति में बताया या है कि विजयनगर में रनवे की मरम्मत एक कठिन कार्य था क्योंकि वहां सड़क संपर्क नहीं है और सभी सामान हेलिकाप्टर से ले जाना पड़ता था मरम्मत के कार्य में जोरहाट के वायुसेना अड्डे ने मदद की है इस रनवे के शुरु होने से इलाके का विकास होगा और स्थानीय लोगों को आवागमन की सहूलियन मिलेगी यह रनवे राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है इससे म्यामां से लगी सीमाओं का कारगर तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और सेना तथा वायुसेना के संयुक्त अभियानों के लिए सुविधा होगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में कहा कि युवा पर पड़ने वाले ई सिगरेट के दुष्प्रभाव को देखते हुए यह अध्यादेश लाया गया है ई सिगरेट संबंधी अध्यादेश का पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष के कारावास और एक लाख़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को अट्ठहत्तर दिन के बोनस को भी मंजूरी दी है

ताद्रत ताचुंग नाम के एक व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपए का ईनाम दिया गया जिसने द्र्घटनाग्रस्त विमान के अपने मार्ग से भटकने की महत्वपूर्ण जानकारी दी थी ये विमान असम में जोरहाट हवाई अड़डे से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका जाते हुए अपने मार्ग से भटककर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था विमान में सवार सभी तेरह लोग मारे गए थे

मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा भगवान का जन्म माघ महीने के शुक्ल की त्रयोदशी को हुआ था

इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र ईटानगर आकाशवाणी सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में आज परपरागत रुप से पूजा की गई

आज कियीत स्थित खेल मैदान में पंजाब ने गुजरात को तीन शून्य से हरा दिया